संसद ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन विधेयक किया पारित देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये छात्रों को नहीं देनी होगी अलग अलग प्रवेश परीक्षा सिर्फ नीट के जरिये होगा प्रवेश प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी नियंत्रण के लिये प्रयास जारी भारत पाक टिड्डी चेतावनी संगठनों की हुई बैठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आई सी जे ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है अपने फैसले में न्यांयालय ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर प्रभावी ढंग से प्नर्विचार करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने राजनयिक संपर्क के जाधव के अधिकार की पुष्टि करते हुए उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भारत की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से इंकार कर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है न्यांयालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में वियना संधि के नियम लागू होते हैं श्री जाधव का जासूसी गतिविधियों के आरोपों का इससे कोई लेना देना नहीं है

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देशभर में गैरकानूनी ढंग से आये लोगों और घूसपैठियों की पहचान की जायेगी और उन्हें वापस भेज दिया जायेगा

इससे पहले गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कल राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि केन्द्र सरकार ने देश में गैर कानूनी ढंग से रह रहे लोगों और घूसपैठियों की रोकथाम के लिए कई कदम उठाये हैं इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फेंसिंग के माध्यम से सीमा की निगरानी शामिल है

लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है इसका उद्देश्य एन आई ए के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है

विधेयक में मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराधों के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का प्रावधान भी किया गया है

मुम्बई आतंकी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को कल पांकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकरोधी कार्रवाई विभाग ने गिरफ्तार किया उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया स्थानीय मीडिया के अनुसार हाफिज को आतंकरोधी न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला जाते समय गिरफ्तार किया गया

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये अब छात्रो को अलग अलग प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी अब एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ नीट के जरिये प्रवेश होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल इससे संबंधित नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बिल को मंजूरी दे दी है

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार लम्बित राजस्व प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए कार्य योजना बनाकर इनका निपटान करेगी श्री चौधरी कल विधानसभा में राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे

भारत के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी नियंत्रण के लिये लगातार प्रयास जारी है इस संबंध में कल खोखरापार में भारत पाक टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों की बैठक हुई हमारे बाडमेर संवाददाता ने बताया कि बैठक में दोनो देशों की ओर से टिड़डी नियंत्रण गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श किया गया और जानकारी दी गई

राज्य के सभी जिलों में मौसमी बीमारी प्रतिरोधक प्रकोष्ठ स्थापित किये जायेंगे बारिश में फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा एक दल का गठन किया जायेगा

हनुमानगढ़ जिले में दो दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है बारिश से आमजन को जहां गर्मी से राहत भिली वहीं फसलों को बरसात से फायदा मिला है इधर वर्षाजनित हादसों में जिले में दो जगह छत गिरने से दो लोगों की मौत के भी समाचार है इन हादसों में एक महिला और बच्चे सहित चार लोग घायल हो गये जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर मंगलवार को हल्की बरसात से शुरू हुआ सिलसिला कल देर रात तक जोरदार बरसात के साथ जारी रहा